और रामायण सर्किट के तहत सीतामढ़ी बक्सर और दरभंगा का होगा विकास

इन नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुये प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने को कहा है जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बागमती नदी का जलस्तर ढेंग सोना खान डुब्बाघाट कंसारी और बेनीबाद में खतरे के निशान तक पहुंच चुका है कमला बलान और भुतहि बलान का पानी झंझारपुर और जयनगर में लाल निशान के आस पास तक पहुंच गया है मुजफ्फरपुर में बेनीपुर के पास रिंग बांध टूट जाने के कारण कई गाँवों में बागमती नदी का पानी प्रवेश कर गया है उधर आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यो में तेजी लाने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय है बीते चौबीस घंटों में प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश हुई है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून की ट्रफ लाईन राज्य से होकर गुजर रही है जिसके कारण अगले दो से तीन दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के आंकड़ों के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में पूरे राज्य में लगभग साढ़े छह सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी है भागलपुर में सबसे अधिक लगभग साढ़े दस सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गयी वहीं पटना में आठ सेंटीमीटर वर्षा हुई है एईएस से प्रभावित बच्चों के इलाज के लिए राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में सौ बेड वाले पीआईसीयू के निर्माण के लिए बासठ करोड़ रूपये की मंजूरी प्रदान कर दी है इस राशि से मुजफ्फरपुर में एईएस के लिए शोध संस्थान भी बनेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल अठारह प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी कैबिनेट ने सिपाही भर्ती के लिए गठित केंद्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष पद की नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली में आंशिक संशोधन किया है अब इसके अध्यक्ष पद पर डीजीपी स्तर के पदाधिकारी या पूर्व डीजीपी को भी अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा कैबिनेट ने नवादा में जलापूर्ति योजना के लिए अठहत्तर करोड़ रूपये की मंजूरी दी है केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में कहा कि इस वर्ष एईएस से मरने वाले बच्चों की संख्या एक सौ बासठ हो गयी है जो अन्य वर्षों की तुलना में अधिक है उन्होंने स्वीकार किया कि दो जुलाई तक संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस के आठ सौ सैंतीस मामले प्रकाश में आये हैं श्री चौबे ने कहा कि बिहार के अलावा सात अन्य राज्यों में भी एईएस से तिरसठ बच्चों की मौत की खबर है केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि पिछले साल की तूलना में इस साल घुसपैठ में इकतालीस प्रतिशत की कमी आयी है लोकसभा में उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के ठोस और समन्वित प्रयासों की वजह से यह कमी आयी है श्री राय ने कहा कि सुरक्षा बलों को उच्च क्षमता की तकनीक से लैस किया जा रहा है केन्द्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने कहा है कि पटना समेत एक सौ दो शहरों की हवा के शुद्धिकरण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में चार सौ साठ करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि स्वच्छ हवा अभियान के तहत अस्सी शहरों में अभियान चलाने के लिए राज्य से कार्य योजना मिल चुकी है सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा है कि सभी अनुमंडलों में एक मॉडल पैक्स भवन का निर्माण कराया जायेगा इसके साथ ही सभी जिलों में एक सहकारी भवन बनाया जायेगा उन्होंने विधानसभा में कहा कि पैक्सों का कम्प्यूट्रीकरण सरकार की प्राथमिकता है मंत्री ने कहा कि पैक्सों का ऑन लाईन सदस्य बनने का समय पन्द्रह जुलाई तक बढ़ा दिया गया है केन्द्रीय पर्यटन मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने राज्यसभा में बताया कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत नौ राज्यों के पन्द्रह शहरों को रामायण सर्किट के अन्तर्गत विकसित किया जायेगा इन शहरों में बिहार के सीतामढ़ी बक्सर और दरभंगा शामिल हैं उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकारों से रामायण सर्किट के अन्तर्गत विकास के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के नौ आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है पटना के डीडीसी अदित्य प्रकाश को सारण का डीडीसी जबकि सारण के डीडीसी सुहर्ष भगत को पटना का डीडीसी बनाया गया है सुहर्ष भगत के पास पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार रहेगा मनेश कुमार मीणा को मुजफ्फरपुर का नगर आयुक्त बनाया गया है इसके अलावा सावन कुमार को गया का नगर आयुक्त घनश्याम मीणा को दरभंगा का नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी को भागलपुर का नगर आयुक्त बनाया गया है शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि अगले नवम्बर महीने तक एक लाख चालीस हजार शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी विधानसभा में उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जायेगी दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट दो हजार उन्नीस के नतीजे रद्द करने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने कहा कि नीट का परिणाम रद्द नहीं होगा पटना के जोनल आईजी सुनील कुमार ने शराब की तस्करी रोकने में विफल कंकड़बाग के थानाध्यक्ष अशोक कुमार और एयरपोर्ट थाने के थानाध्यक्ष केके मजूमदार को निलंबित कर दिया है धान के बदले चावल की आपूर्ति में हुये घोटाले की जांच के लिए बनी एसआईटी में शामिल इंस्पेक्टर अब भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की भी जांच कर सकेंगे इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है इंस्पेक्टर को बिना वारंट भ्रष्टाचार के आरोपित को गिरफ्तार करने का भी अधिकार दे दिया गया है गौरतलब है कि धान के बदले चावल की आपूर्ति घोटाले में विभिन्न थानों में बारह सौ से अधिक मामले दर्ज हैं प्रदेश में उच्च शिक्षा की रूपरेखा क्लपतियों की कमिटी तय करेगी राज्यपाल के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा कि उच्च शिक्षा की रूपरेखा को ठोस रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई जिसमें कुलपतियों की कमिटी बनाने का निर्णय लिया गया है इस समिति में पटना समेत कई विश्वविद्यालय के कुलपतियों को शामिल किया गया है पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र अन्तर्गत आर ब्लॉक के पास एक सरकारी कार्यालय की दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गयी जबकि चार अन्य लोग घायल हो गये पुलिस उपाधीक्षक सचिवालय ने बताया कि तेज बारिश के कारण जर्जर दीवार एक झोपड़ी पर गिर गयी घायलों को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है भारत ओर न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप क्रिकेट का पहला सेमीफाइनल मैच बारिश के कारण कल पूरा नहीं खेला जा सका

कल से पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित होने वाली छियासठवीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है बेगूसराय की रेमी कुमारी को टीम का कप्तान बनाया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी सूर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने बिहार समेत उन्नीस राज्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई कार्रवाई से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है सीबीआई के मुजफ्फरपुर समेत एक सौ दस जगहों पर छापे दैनिक जागरण ने राज्य कैबिनेट के फैसले को सुर्खी बनाते हुये लिखा है मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक सौ दस बेड की आईसीयू की मंजूरी प्रभात खबर ने विश्व कप से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाया है बारिश से खेल रूका आज पूरा होगा पहला सेमीफाईनल मुकाबला दैनिक भास्कर की सुर्खी है भारत की सख्ती के आगे झुका इंग्लैंड ट्रैफर्ड ग्रांड को नो फ्लाई जोन बनाया

और रामायण सर्किट के तहत सीतामढ़ी बक्सर और दरभंगा का होगा विकास